स्लग सीएम हरेला पर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि आने वाली पीढ़ी को शुद्ध हवा और वातावरण मिल सके इसके लिए सबको वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण की ओर ध्यान देना होगा हरेला पर्व पर आज रिस्पना से ऋषिपर्णा अभियान के अन्तर्गत मुख्यमंत्री ने देहरादून के मोथरोवाला में वृक्षारोपण किया

अधिकांश वृक्ष पीपल बरगद और बट के लगाये जा रहे हैं मोथरावाला में जो वृक्षारोपण किया जा रहा है उनके सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक संयोग है कि इस वर्ष गुरू पूर्णिमा और हरेला पर्व एक ही दिन है उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने वृक्षों को बचाने के लिए प्रयास किये हैं पीपल वट और केले वृक्षों का हमारे धार्मिक ग्रंथों में विशेष उल्लेख है इस अवसर पर वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ हरक सिंह रावत ने कहा कि वृक्ष लगाने के साथ ही उनके संरक्षण पर विशेष ध्यान देना होगा

इसलिए ईकोलॉजी को बचाने की प्रदेश पर बड़ी जिम्मेदारी है उन्होंने पूर्वजों की याद बच्चों के जन्म और शादी पर वृक्षारोपण करने की पंरपरा को बनाये रखने पर जोर दिया

उत्तरकाशी में गंगा वृक्षारोपण सप्ताह और हरेला पर्व कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया इस दौरान विभिन्न स्कूलों से आये छात्र छात्राओं जनप्रतिनिधियों वन विभाग और सेना के जवानों ने वृक्षारोपण में बढ़चढ़ कर भाग लिया

टिहरी जिले में भी बड़ी संख्या में लोगों ने वृक्षारोपण किया

उधर रुद्रप्रयाग में जिलाधिकारी ने अगस्त्यमुनि विकासखण्ड के निरवाली धारकोट गांव में पौधरोपण कर हरेला पर्व का शुभारंभ किया उन्होंने लोगों से इस महत्वाकांक्षी अभियान को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक सहयोग करने की अपील की प्रदेश के अन्य जिलों में भी जोरशोर से पौधरोपण किया गया स्लग पीएम और सांसद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पार्टी सांसदों से अपने निर्वाचन क्षेत्रों में राजनीति पर ध्यान केन्द्रित करने की बजाय जनहित में काम करने को कहा वे आज संसद भवन में पार्टी सांसदों को संबोधित कर रहे थे बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि प्रत्येक सांसद को अपने क्षेत्र के लोगों के लिए नई योजना बनानी चाहिए बाद में मीडिया के साथ बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने सांसदों से कहा कि वे अधिकारियों के साथ मिलकर अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जनता की शिकायतों को सुनें उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने सदन में मंत्रियों की अनुपरिथति पर चिन्ता जताई प्रहलाद जोशी ने बताया कि सांसदों को सरकार की नई योजनाओं की जानकारी अपने क्षेत्र के लोगों को देने को कहा गया है स्लग गुरु पूर्णिमा देशभर में आज गुरु पूर्णिमा का पर्व परम्परागत ढंग से श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरू पूर्णिमा के अवसर पर अध्यापकों गुरूओं और मार्गदर्शकों को शुभकामना दी है उन्होंने कहा कि वे उन सभी गुरूओं को नमन करते हैं जिन्होंने समाज को बनाने और उसे प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है प्रदेश में भी गुरु पूर्णिमा पर कई कार्यक्रम आयोजित किये गए कई मंदिरों में श्रद्वालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली श्रद्वालुओं ने यहां पूजा अर्चना कर अपने गुरु का स्मरण किया हरिद्वार में गुरुपूर्णिमा के पर्व पर सभी आश्रमों अखाड़ों और मठ मंदिरो में आये भक्तों ने अपने गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त किया इस अवसर पर योग गुरु स्वामी रामदेव के पतंजलि योगपीठ में भी गुरु पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया इस अवसर पर स्वामी रामदेव ने उन प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित किया जिन्होंने गीता और वेद मंत्र कंठस्थ याद किए थे स्वामी रामदेव ने इस अवसर कहा कि जल्द ही भारत आध्यात्मिक और अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत बनेगा आज का दिन भारत नेपाल और भूटान में हिंदुओं जैनियों और बौद्वों द्वारा त्योहार के रूप में मनाया जाता है

न्यायालय ने पिछले सप्ताह बच्चों के खिलाफ दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं का संज्ञान लेते हुए कहा था कि वह इस बारे में राष्ट्रीय स्तर पर स्पष्ट प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने का आदेश पारित करेगा प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में एक पीठ ने कल इस मुद्दे से निपटने के लिए किए जाने वाले संभावित उपायों पर विचार विमर्श किया और प्रत्येक जिले में बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम पॉक्सो के अंतर्गत लंबित मामलों की संख्या के बारे में रिपोर्ट देने को कहा स्लग चंद्र ग्रहण अंतरिक्ष में आज रात चंद्र ग्रहण की अनूठी खगोलीय घटना घटने जा रही है भारत समेत दुनिया के कई भागों में आज आंशिक चंद्र ग्रहण दिखाई देगा चंद्र ग्रहण सबसे ज्यादा समय तक एशियाई देशों में ही देखा जा सकेगा

स्लग बंद रहेंगे कपाट आज चंद्रग्रहण के चलते चारों धामों के कपाट शाम चार बजे के बाद बंद कर दिए गए कल सुबह शुद्धिकरण के बाद कपाट खोले जाएंगे

इस दौरान बदरीनाथ केदारनाथ और समिति के अधीन अन्य सभी मन्दिर भी बन्द रहेंगे

इस कारण उस दौरान मंदिरों के कपाट श्रद्वालुओं के लिए बंद रहेंगे वहीं चारधाम यात्रा पर इस बार बड़ी संख्या में श्रद्वालु पहुंच रहे हैं

उन्होंने योजना के अन्तर्गत क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म को और बेहतर करने और मेंटिनेंस के कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिये जाने को भी कहा

इसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार प्रदान किया गया है स्लग देवी महोत्सव चम्पावत जिले के लोहाघाट में चल रहे देवी महोत्सव का विभिन्न स्थानों से देवी रथों के मुख्य मंदिर पहुंचने के साथ समापन हो गया है पांच दिनों तक चलने वाले इस मेले के आखिरी दिन आज डेसली रायनगर चौड़ी और कली गांव के देवी रथों को रस्सियों के सहारे पहाड़ी स्थित माता के मुख्य मन्दिर पहुंचाया गया

इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे

स्लग मौसम प्रदेश के कुछ जिलों में आज सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है देहरादून टिहरी पौड़ी बागेश्वर अल्मोड़ा चंपावत और चमोली जिलों में बारिश की खबर है अल्मोड़ा में कल रात से बारिश होने के कारण जल संवर्दधन और संरक्षण पर आयोजित कोसी तक रैली को स्थगित कर दिया गया बारिश के कारण कई सड़कें अवरुद्ध हैं जिला आपातकाली परिचालन केंद्र से मिली सूचना के अनुसार दिल्ली यमुनोत्री मार्ग देहरादून के जूडो में मलबा आने से अवरुद्ध है रुद्रप्रयाग में सोनप्रयाग केदारनाथ पैदल मार्ग छोटी लिनचोली में मलबा आने से बाधित हैं

इस बीच सैकड़ों वाहन जगह जगह फंसे रहे पुलिस द्वारा चम्पावत और टनकपुर के कगराली गेट में वाहनों को रोका गया

पिथौरागढ़ कनालीछीन राष्ट्रीय राजमार्ग भी बाधित है बागेश्वर में भी चार मोटरमार्ग बंद हैं

इन सभी सड़कों को खोलने की लगातार कोशिश की जा रही है बारिश के कारण कुछ नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच गई हैं